केन्द्र सरकार और आंदोलन कर रहे चालीस किसान संगठनों के बीच सकारात्मक वार्ता जारी है केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हो रही इस वार्ता में नई कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध दूर करने पर चर्चा हो रही है वार्ता में कृषि कानूनों के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य वायु गृणवत्ता और बिजली से जुड़े कानूनों में संशोधन के विधेयक पर विचार विमशें हो रहा है केन्द्र सरकार ने दोहराया है कि वह स्पष्ट लक्ष्य और खुले मन से किसानों के सभी मुद्दों का युक्तिसंगत समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है

इस अवसर पर कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों और अन्य मेडिकल कर्मियों की कमी को जल्द दूर किया जायेगा उन्होंने कहा कि नियुक्ति का पहला चरण पूरा हो गया है अब आगे अन्य चरणों में और भी नियुक्तियां की जाएँगी

नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा कि कोरोना वायरस के रूप में परिवर्तन होने पर भी वैक्सीन अप्रभावी नहीं होगा

इस समय कुल संक्रमित लोगों के केवल दो दशमलव पांच छह प्रतिशत में ही संक्रमण मौजूद है

इसके साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या एक करोड़ दो लाख से अधिक हो गई है इस समय कोविड मृत्यु दर एक दशमलव चार पांच प्रतिशत है जो विश्व में सबसे कम मृत्यु दरों में से एक है

देश ने कोविड जांच के मामले में एक और उपलब्धि हासिल की है

आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्रदान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा हासिल नवीन समाधानों को देश के दूरदराज के स्थानों में भी आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए श्री कोविंद ने कहा कि प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और हित में कागज और संपर्क रहित प्रक्रिया के जरिए सरकारी कार्यालयों में कामकाज के नए उपाय भी तलाशे जाने चाहिए उन्होंने कहा कि इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने में भी मदद मिलेगी राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र देश में ई गवर्नेस और डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ा रहा है इसने सरकार और नागरिकों के बीच संपर्क को सहज बनाने के लिए कई पहल की हैं यह पहली बार है कि डिजिटल इंडिया पुरस्कारों की नामांकन से लेकर पुरस्कार समारोह तक की समूची प्रकिया ऑनलाइन आयोजित की गई इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ई गवर्नेस को बढ़ावा देने के लिए द्विवार्षिक डिजिटल इंडिया पुरस्कारों का आयोजन करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल सिस्टम के निर्यात और कृष्णापटनम और तुमकुरु में औद्योगिक गलियारे को मंजूरी देने समेत कई फैसले लिए हैं बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी पत्रकारों को दी उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रेटर नोएडा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब और मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब को भी मंजूरी दी है श्री जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारत और भूटान के बीच बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी दी गयी है इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एस्टोनिया पैराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य में भारतीय मिशनों को खोलने की मंजूरी दी है वहीं पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए संशोधित योजना मंजूर कर दी है

मुख्यमंत्री ने रांची के उपायुक्त को इस सम्बन्ध में कार्रवाई करने को कहा जिसके बाद जिला प्रशासन और नगर निगम के सहयोग से इनके लिए रैन बसेरा की व्यवस्था की जा रही है मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई थी कि रांची के आसपास के गांव से काम करने वाली महिला श्रमिकों को रात में फुटपाथ पर सोना पड़ता है मामले की जानकारी के बाद मुख्यमंत्री ने महिला श्रमिकों के लिए रैन बसेरा में रहने की व्यवस्था और इन केंद्रों के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए थे

यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा

सरकार रोजगार के लिए राज्य में ही आधारभूत संरचना उपलब्ध कराएगी श्री बादल आज बोकारो के चास में एक मिनरल वाटर प्लांट के उदघाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे

इस वेबसाइट को पहले से और आसान एवं उपयोगी बनाया गया है

ब्याज दर से जुड़े प्रस्ताव पर इसी हफ्ते श्रम और वित्त मंत्रालय की बैठक हुई थी

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस महोत्सव को कवर करने के लिए मीडियाकर्मियों की संख्या कोविड संबंधित दिशा निर्देशों के कारण सामान्य से बहत कम होगी मीडियाकर्मी फिल्म महोत्सव की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं

इस संबंध में सभी जिले के पुलिस अधीक्षकों को जल्द ही पुलिस मुख्यालय से आदेश भेजा जाएगा इस निर्णय की जानकारी आज पुलिस महानिदेशक एमवी राव ने प्लिस मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में दी उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मियों को रोस्टर के आधार पर सप्ताह में एक दिन की छुट्टी मिलेगी

हॉकी इंडिया ने राज्य से निक्की प्रधान और सलीमा टेटे के चयन की घोषणा करते हुए हॉकी झारखंड को आज इसकी विधिवत सूचना भी भेज दी है सीनियर महिला हॉकी टीम में शामिल की गयी निक्की प्रधान ओर सलीमा टेटे को अब ओलंपिक के लिये प्रशिक्षण लेना होगा इसके लिये भारतीय टीम के साथ दोनों को ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना भेजा जायेगा

जिले के पुलिस उपाधीक्षक अविनाश कुमार ने संवाददाता सम्मलेन में बताया कि गिरफ्तार बदमाशों के पास से दस केन बम एक देशी पिस्टल जिंदा गोलियां मैगजीन विभिन्न कंपनियों के तीन मोबाईल फोन और मोटरसाईकिल बरामद किये गए हैं